बैतूल से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी दुर्गा दास उइके ने अपना नामांकन भरा उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतापसिंह लोधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे इस दौरान मंत्री तरूण भानोट और हर्ष यादव मौजूद रहेंगे उधर खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कविता सिंह भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी उनके साथ मंत्री प्रभुराम चौधरी राजनगर विधायक विक्रमसिंह नातीराजा ग्नोर विधायक शिवदयाल बागरी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे वहीं रीवा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जर्नादन मिश्रा और कांग्रेस उम्मीद्वार सिद्वार्थ तिवारी भी अपना नामांकन भर रहे हैं

न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष इस बारे में अगले सोमवार तक अपना स्पष्टीकरण दें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर विचार करेगी लेखी ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने राफेल फैसले के बारे में उच्चतम न्यायालय के जो उद्वरण दिये वे उसके फैसले में शामिल नहीं थे

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस दिन श्री मोदी का जबलपुर और सीधी लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है जबलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सीधी में रीति पाठक चुनाव मैदान में है

कांग्रेस आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठ बोल कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं भोपाल में आज उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने न तो संबल योजना बंद की है और न ही अंतिम संस्कार की राशि बंद की है उन्होंने दावा किया कि हाल ही में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे में कांग्रेस से जुड़े किसी व्यक्ति के यहाँ अवैधानिक कुछ भी नहीं मिला है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता किसानों की कर्ज माफी और अन्य जनहित के मुद्दों पर झूठ बोल रहे हैं विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा लोकसभा चुनाव पर विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार कल रात आठ बजे से आठ बजकर पन्द्रह मिनट तक सुना जा सकता है इस बार छिन्दवाड़ा बालाघाट और मंडला लोकसभा सीट के मुद्दे और तमाम पहलुओं पर चर्चा की जायेगी

कल इन सभी क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र जमा होने का सिलसिला शुरु हो जाएगा

राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कल रामपुर में भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों के बारे में नोटिस भेजा है आयोग ने कहा है कि खान की टिप्पणियां अत्यंत अपमानजनक और अनैतिक हैं जो महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति अनादर दर्शाती हैं आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि वे निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगी कि वह आजम खान को चूनाव लड़ने से रोकें

गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर नामांकन का सिलसिला कल से शुरू होगा

मंदसौर में साइकल रैली निकालकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया